मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जायेगा अब तक खरीदी गई फसलों के भुगतान के लिए एक हजार करोड रूपए जारी किए जा चुके हैं हरियाणा में आज महाराजा अग्रसेन की जयंती पर कई कार्यकमो का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन को सामाजिक सदभावना के संस्थापक और सच्चे कर्मयोगी बताया हरियाणा में नवरात्रों में शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने माता मनसा देवी पीठ में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए करवाए यज्ञ में भाग लिया

उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि मैरिट आधार पर चुने गए कर्मचारी जनता की उम्मीदों पर निश्चित ही खरा उतरेंगे और भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए पिछले छः वर्षो में सुचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से अमुल चक परिवर्तन लाने की पहल की है पत्रकारों द्वारा किए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास करने के लिए जिला परिषदों में अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के बाद शहरी स्थानीय निकायों में भी अलग से जिलीा नगर आयुक्त लगाए गए हैं इससे इन संस्थानों के वित्तीय संसाधन जुटानें में मदद मिल रही हैं उन्होंने कहा कि निकायों मे जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि सरकार द्वारा व्यवस्थाओं में किए गए सुधार को दर्शाती है पत्रकारवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार का एक और अड्डा माने जाने वाली क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव के स्थान पर अलग से जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप मे अलग से अधिकारी लगोने के बाद सरकार की यह दूसरी पहल है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव के स्थान पर जिला परिवहन अधिकारी लगाए जायेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने खरीफ की फसलों की खरीद के लिए समुचित प्रबंध किए हैं और अब तक धान व अन्य खरीदी गई फसलों के भुगतान के तौर पर एक हजार करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं आज चण्डीगढ में मीडिया को सबोधित करते हए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मंडियों में फसल लाने से पहले मंडियों पंजीकरण कराना जरूरी है चाहे वे अपनी फसल आढतियों के माध्यम से या अपने स्तर पर बेचना चाहते हैं

यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है आज देश भर में महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई इस मौके पर पंजाबहरियाणा में कई कार्यक्रमो का आयोजन कर उनके समाज में लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिये गए योगदान के लिए याद किया गया उन्होंने पहली बार समाजवाद का नारा दिया था

श्री मोदी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने मानवता के कल्याण और गरीबों की तरक्की के लिए सदैव देशवासियों को प्रोत्साहित किया हरियाणा में आज अग्रसेन जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जगाधरी के चौंक बजार में अग्रवाल सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर व यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाज के अग्रद्रत थे उन्होंने एक र रूपया एक ईंट का सिद्वांत दिया अंबाला शहर में विधायक असीम गोयलनन्यौला ने आज इस मौके पर पर महाराजा अग्रसेन चौराहे का उदघाटन किया इस चौराहे का जीर्णोद्वार किया गया है पलवल में वैश्य अग्रवाल सभा द्वारा मीनार गेट स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई सिरसा में भी शहर के विभिन्नद राजनीतिक धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश व प्रदेशवासियों को उनकी जयंतीद की बधाई दी इसके बाद पार्क में विश्व शांति व कल्याण की कामना को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया हरियाणा में आज नवरात्रों के शुरू होने पर विभिन्न शक्ति पीठों और मंदिरों में मां के शैलपत्री रूप की पुजा अर्चना की गई विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शक्ति पीठ माता मनसा देवी जाकर माथा टोका और देश व प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए कररवाए गए हवन यज्ञ में भाग लिया

गुरूग्राम पलवल फरीदाबाद और सिरसा में भी नवरात्र पुजा के समाचार मिले हैं

ये सभी ज्योतियां श्रद्धालुओं द्वारा प्रज्जवलित की गई हैं

ग्रूग्राम के शीतला माता मंदिर में तमाम एहतियात के साथ श्रद्वालू मां के दर्शन करने पहुंच रहे है फरीदाबाद के दशहरा मैदान में आज राम कथा की शुरूआत किए जाने का समाचार भी मिला है

पलवल जिले के गांव कूशक में आज मिट्टी लेकर जा रहे डफर की टक्कर में मोटरसाईकल सवार दो लडकों की मौत हो गई

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है